वायु सेना ने कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की घोषणा के बाद अपने विंग कमाण्डर अभिनन्दन की पाकिस्तान की हिरासत से सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है कल शाम नई दिल्ली में सेना के तीनों अगों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एयर वाइस मार्शल आर जी के कपूर ने कहा कि भारतीय पायलट को लौटाने की पाकिस्तान ने जो घोषणा की है वह जिनेवा संधि के अनुरूप है श्री कपूर ने कहा कि पाकिस्तान की वायु सेना ने भारतीय सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया लेकिन हमारे लड़ाकू विमानों ने उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर बम गिराये मगर इनसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ

थलसेना के मेजर जनरल एस एस महल ने कहा की मशीनीकृत टुकडियों को तैयार हालत में रखा गया है और सैनिक किसी भी सुरक्षा चूनौती से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं उन्होंने राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि सेना पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की ओर से उकसावे की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वित्तमंत्री अरुण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया इधर प्रदेश में भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिये सरहदी इलाको सहित पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्थाये चाक चौबंद कर दी गई है

उन्होंने कहा कि दुश्मन आतंकी हमले कर भारत की प्रगति को रोकना चाहता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है

मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड यानि मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र भी दिखाना होगा

केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा गौरतलब है कि हाल ही सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में वोटर स्लिप को पहचान का आधार मानकर मतदान कराया गया था लेकिन इनके दुरूपयोग होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं

पिछले तीन दिन से सामुहिक अवकाश पर गये एनएचएम संविदा कर्मियों की कल चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से हुई बातचीत के बाद उनकी कई मांगो पर सहमति बनी इसके बाद कल रात सामूहिक अवकाश समाप्त कर दिया गया